इसके अतिरिक्त एक हजार करोड़ रूपये प्रवासी मजूदरों के कल्याण के लिए उपलब्ध कराए गए हैं

इसके अलावा प्रवासी मजदूरों के कल्याण के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक हजार करोड़ रूपये दिए गए हैं गुजरात दिल्ली पश्चिम बंगाल बिहार मध्य प्रदेश राजस्थान और कर्नाटक को भी फंड उपलब्ध कराया गया है

अनूपपुर से हमारे संवाददाता ने बाताया है कि जिला कोरोना मुक्त हो गया है

स्नातक प्रथम एवं द्वितीय वर्ष तथा स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर के परीक्षार्थियों को बिना परीक्षा दिए अगली कक्षाओं में प्रवेश किये जाने का फैसला किया गया है विद्यार्थियों को उनके पिछले वर्ष या सेमेस्टर के अंकों या आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर अगली कक्षा या सेमेस्टर में प्रवेश दिया जाएगा

स्नातक अंतिम वर्ष तथा स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर के परीक्षार्थियों के पूर्व वर्षों या सेमेस्टर्स में से सर्वाधिक अंक प्राप्त परीक्षा परिणाम को प्राप्तांक मानकर अंतिम वर्ष या सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम घोषित किए जाएंगे ऐसे परीक्षार्थी जो परीक्षा देकर और सुधार चाहते हैं उनके पास परीक्षा देने का विकल्प भी रहेगा वे आगामी घोषित तिथि पर ऑफलाइन परीक्षा दे सकेंगे

सरकार हज केन्द्र सरकार ने फैसला किया है कि कोरोना महामारी के कारण इस साल भारत से हज यात्री सउदी अरब की यात्रा पर नहीं जाएंगे अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आज बताया कि सऊदी अरब के हज और उमराह मंत्री डॉमोहम्मद सालेह बिन ताहिर ने उन्हें फोन पर इस साल हज यात्रियों को सउदी अरब नहीं भेजने का सुझाव दिया है

बिना किसी कटौती के पूरी रकम ऑनलाइन आवेदकों के बैंक खातों में भेज दी जाएगी श्यामा प्रसाद मुखर्जी उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री और केन्द्रीय गृह मंत्री ने आज भारतीय जन संघ के संस्थापक और प्रसिद्व शिक्षाविद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पृण्यतिथि पर उन्हें श्रद्वाजंलि अर्पित की सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने भी डॉक्टर मुखर्जी को श्रद्वाजंलि अर्पित की इधर भोपाल स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में डॉक्टर मुखर्जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्वांजलि दी गई मौसम बारिश राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के कई हिस्सों में कल रात से बारिश का सिलसिला जारी है

जबलपुर रीवा शहडोल संभागों के जिलों में कई स्थानों पर बारिश का दौर जारी है लगातार बारिश से तापमान में कमी आई है लेकिन कहीं कहीं उमस महसूस की गई सतना जिले में आज बारिश होने से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली